जान चंद गुप्ता सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुने गये हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि अध्यक्ष राजनीतिक निष्ठा से ऊपर उठकर सभी सदस्यों को साथ लेकर चलेंगे विपक्ष के नेता ने रचनात्मक भूमिका निभाने का भरोसा दिलाया उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रद्षण पर अकंश लगाने में नाकाम रहने पर अधिकारियों को फटकार लगाई हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने प्रदेश के सभी उपाय्क्तों व आय्क्तों को पर्यावरण संरक्षण में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने का आहवान किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि युद्व का रूवरूप बदल रहा है और ये सूचना के इस दौर में अचानक हमले के लिए तैयार ही नहीं बल्कि विभिन्न साधनों दरपेश खतरों को असफल करना एक च्नौती है

उन्होंने कहा कि र रक्षा उद्योग अपने सैनिकों और कर्मचारियों को विषम परिस्थितियों में स्रक्षा स्निश्चित करने के लिए प्रशिक्षित कर रहा है रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा मे डिजीटल तकनीकों के प्रयोग से डिजीटलीकरण ही भविष्य में सुरक्षा का आधार है जो परम्परागत रूप से ज़मीन हवा और सम्द्र से अंतरिक्ष तक य्दव के परिदृश्य को बदल सकता है उन्होंने कहा कि भारत विभिन्न प्लेट फार्मो के लिए मुरम्मत और रख रखाव उदयोग का केन्द्र भी बन गया है श्री राजनाथ ने कहा कि भारतीय रक्षा उद्योग अच्छी स्थिति में है और मित्र देशों के साथ आपसी सहयोग करके देश और विदेश में रक्षा उत्पादन करने की स्थिति में ह हरियाणा के चौदहवी विधानसभा का पहला सत्र आज नये चुने गये विधायकों को विधायक पद की श्पथ दिलाने के साथ श्रू हआ सत्र श्रू होते ही विधानसभा के कार्यकारी अधयक्ष वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रघ्बीर सिंह कादयान ने म्ख्यमंत्री श्री मनोहरलाल उप म्ख्यमंत्री श्री द्वष्यंत चौटाला को विधायक पद की शपथ् दिलाई उसके बाद विधानसभा हलके के अनुसार सभी विधायकों को श्पथ दिलाई गई हिसार से बीजेपी के विधायक कमल ग्प्ता और यम्नानगर से बीजेपी विधायक घनश्याम दास ने संस्कृति में शपथ ली जबकि कालांवाली से विधायक शीशपाल सिंह और पहेवा से विधायक प्रसिद्व हाकी खिलाड़ी संदीप सिंह ने पंजाबी में शपथ ली इससे पूर्व बेरी से विधायक रघुबीर सिंह कादयान को आज सुबह राजयपाल सत्य देव नारायण आर्य ने कार्यकारी अध्यक्ष पद की शपथ गहण कराई

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने अध्यक्ष पद के लिए उनके नाम का प्रस्ताव किया जिसे सभी दलों ने स्वीकार कर लिया किसी दूसरे नाम का प्रस्ताव न आने पर श्री ग्प्ता को विधानसभा अध्यक्ष घोषित कर दिया गया मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल विपक्ष के नेता भूपेन्द्र सिंह हडडा उप मुख्यमंत्री द्वष्यंत चौटाला और वरिष्ठ विधायक अनिल विज उन्हें अध्यक्ष की क्सी तक लेकर गये

मुख्यमंत्री ने कार्यकारी अध्यक्ष का भी आज की कार्रवा के लिए धन्यवाद व्यकत करते हये आशा व्यक्त की कि विधानसभा के सभी सदस्य सदन की गरिमा बनाये रखने मे अध्यक्ष को सहयोग करेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि कई सदनों की अपेक्षा हरियाणा विधानसभा के सदन में सदस्यों का व्यवहार काफी अच्छा है उनहोंने कहा कि चौवालिस विधायक पहली बार च्नकर आये है

म्ख्यमंत्री ने रघ्बीर सिंह कादयान और अनिल विज का जिक्र करते कहा कि हमारे दो तीन विधायक इस बार लगातार छठी बार चुनाव जीत कर आये है और इस बार नौ महिलायें भी विधायक बन कर सदन तक पहंची है

मुख्यमंत्री ने युवा विधायक संदीप सिंह का भी स्वागत किया और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह ह्डडा को विपक्ष का नेता चुने जाने पर बधाई दी उन्होने कहा िक हालांकि इसकी अधिकारिक घोषणा अभी होनी है लेकिन उन्हें मीडिया के माध्यम से यह जानकारी मिली है

उन्होंने इसको और आगे बढ़ाने की अपील की और सदस्यों से कहा कि विधानसभा के चर्चा के दौरान अपने क्षेत्र के मुद्दों के साथ साथ प्रदेश व्यापी विषयों पर भी चर्चा अवश्य करे म्ख्यमंत्री ने यह ग्जारिश भी की कि विधानसभा चर्चा के दौरान च्भने वाले कटाक्ष ने किये जाये उन्होंने विधानसभा अपील की विधायकों को विधेयक की कापी सदन में पेश होने से कुछ दिन पहले मिलनी चाहिए ताकि विधायकों और वे उस पर अपनी बात रख सके विपक्ष के नेता भ्पेन्द्र सिंह हडडा ने कहा कि वे विधानसभा में रचनात्मक भ्र्मिका निभायेंगे और केवल विशेष के लिए विरोध नहीं करेंगे

उन्होंने कहा कि अध्यक्ष का पद जिम्मेदारी का पद है और इस पद की गरिमा रखने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अध्यक्ष की है उन्होंने मध्लिमये की पुस्तक का जिक्र करते हये सभी सदस्यों से अपील की कि सदन मे वे जो कहें पूरी जिम्मेदारी से कहें और बिना तैयारी के सदन में क्छ न कहें इंडियन नैश्नल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला ने उम्मीद जताई कि अध्यक्ष निष्पक्ष रहेंगे और पहली दफा च्नकर आये विधायकों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे वहीं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने श्री ग्प्ता को श्भकामनायें देते हये कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अध्यक्ष जिम्मेदारी से पदक की गरिमा बढ़ायेंगे

हरियाणा विधानसभा के नव नियुक्त अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष च्ने जाने पर सभी सदस्यों का आभार जताया है और विश्वास व्यक्त किया है कि उनकी वजह से अध्यक्ष पद की गरिमा को ठेस नहीं पहंचेगी उन्होंने कहा कि कि सभी मिलकर पद की गरिमा को बढ़ायेंगे और कहा कि संसदीय प्रणाली में निष्पक्ष कानून होते है और विधानसभा नियम कानून और परम्पराओं से चलती है श्री ग्प्ता ने कहा कि पूर्व अध्यक्ष पद पर आसीन रहे च्के अध्यक्षों का योगदान उनके लिये प्ररेणादायक रहेगा और मार्ग दर्शक का काम करेगा उन्होंने सदन का निष्पक्षता से चलाने का भरोसा भी दिलाया और विधायकों को सलाह दी कि वे अपनी बात संक्षेप में रखे जिसके लिये विषय का ज्ञान होना जरूरी है

उच्चतम न्यायालय ने आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रद्षण पर अकुंश लगाने में नाकाम रहने के लिए अधिकारियो को फटकार लगाई है और कहा कि इसके कारण लोग अपनी कीमती जीवन गंवा रहे है न्यायमूर्ति अरूण मिश्र और न्यायमूर्ति दीपक ग्प्ता की पीठ ने कहा कि इसे बर्दाशत नहीं किया जायेगा और न्यायलय राज्य सरकारों पर इसका दायित्व तय करेगा

शीर्ष अदालत ने पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पराली जलाने को भी गंभीर बताया और कहा कि हर साल ऐसा नहीं चल सकता न्यायालय ने कहा कि राज्य इस समस्या से सही ांग से नहीं निपट पर रहे है हरियाणा की मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनन्द अरोड़ा ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों एवं अधिकारियों को पर्यावरण संरक्षण में अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए अपना अरपूर योगदान देने का आहवान किया श्रीमती अरोड़ा आज यहां सभी जिलों के उपाय्क्तों एवं अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक को सम्बाधित कर रही थीं उन्होने अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रद्षण की रोकथाम के लिए सघन अभियान चलाया जाये जगह जगह मोबाइल पार्टियों की मदद से पराली जलाने वाले क्षेत्रों में जल्द से जल्द पहंचा जाये और सख्त कार्यवाही की जाये उन्होने सभी जिलों के उपायुक्तों को शाम तक पराली जलाने वाले किसानों पर एफआईआर दर्ज किये जाने का आंकडों सहित रिपोर्ट उपलब्ध करने के भी आदेश दिये